गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने हाल के चुनावों में पार्टी की हार के लिए कांग्रेस के नेताओं की पांच सितारा संस्कृति को दोषी ठहराया है एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री आजाद ने कहा कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क टूट गया है उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस के नेता पांच सितारा संस्कृति नहीं छोड़ते तब तक पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती सौर ऊर्जा उपकरण शुल्क बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि सौर ऊर्जा उपकरणों के स्थानीय विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए सीमा शुल्क के स्थान पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाने पर विचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत के स्थानीय विनिर्माताओं को तबाह करने के लिए बहुत ही कम कीमत पर सौर ऊर्जा उपकरण देश में भेज रहे हैं आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में श्री सिंह ने बताया कि भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा के जैसा निर्यात आधार बढ़ाना चाहता है दुर्घटना नरसिंहपुर जिले के पलोहाबड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम धोखेड़ा में कल सुबह ट्रैक्टर की टक्कर से एक घर की कच्ची दीवार गिर गई इसके मलबे में दबने से तीन बच्चों की मौत हो गई एक बच्चा गंभीर है जिसका उपचार किया जा रहा है मृत बच्चों के शवों का आज पोस्टमार्टम किया गया

सभी को बेलखेड़ा अस्पताल पहुंचाया गया आंवला नवमी प्रदेश में आज आंवला नवमी मनाई जा रही है इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है इस अवसर पर अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ महिलाएं आंवला के वृक्ष की पूजा करती हैं हमारे होशंगाबाद संवाददाता ने बताया है कि जिले में अक्षय यानी आंवला नवमी भक्ति भाव के साथ मनाई जा रही है इस मौके पर नेहरू पार्क हर्बल पार्क माता हिंगलाज देवी दरबार विवेकानंद घाट और अन्य ऐसे स्थान जहां पर आंवला के वृक्ष हैं वहां पर महिलाएं युवतियां पूजा अर्चना कर रही हैं आयुर्वेद में भी अच्छे स्वास्थ्य के लिये आंवले का विशेष महत्व बताया गया है

राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला सत्र होगा